इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया द्वारा निवेदन करने के बाद सदन ने भाजपा विधायक मदन दिलावर के निलंबन को वापस ले लिया फोन टेपिंग मामले पर सदन में आधा घंटे चर्चा प्रस्तावित है प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न जिलों में चिकित्सा विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया है बाड़मेर जिले में जांच की संख्या बढ़ा दी गई है जिले में प्रवेश करने वाले तीन मुख्य मार्गों पर चैक पोस्ट बनाकर आने वाले लोगों की जांच की जा रही है झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने एक बैठक लेकर अधिकारियों को जिले के लोगों में संकमण के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए पड़ौसी राज्यों से लगती जिले की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जा रही है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बस अड़डों और रेलवे स्टेशन्स पर बाहर से आने वाले लोगों की विशेष जांच की जा रही है देश में अब तक साढ़े तीन करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं

इधर राज्य में आज भी वैक्सीनेशन का काम जारी है

बूंदी जिले में आज और कल बूंदी शहर के पेंशनरों के वैक्सीन लगाई जाएगी

शत प्रतिशत टीकाकरण के लिए पांच सदस्य टीकाकरण दल और ब्लॉक नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने कल जयपूर में नवीनीकृत डाटा सेंटर का उद्घाटन किया डॉ जोशी ने बताया कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना करवाई जाएगी

जलदाय मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने बताया कि शेष बचे घरों में नल कनेक्शन देकर गांवों का कवरेज पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए है

युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्ध संसाधनों से ही अकादमियां विकसित कर कम उम्र के बच्चों को उनके जिलों में ही खेलने का मौका मिलेगा

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं उत्तर भारत के राज्यों में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा